प्रस्कार विजेताओं के साथ संवाद में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने की राष्ट्र निर्माण में महिलाओं के योगदान की सराहना केन्द्र सरकार कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कर रही कई उपाय स्थिति पर रखे हुए है करीबी नजर केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर के खिलाफ मामला किया दर्ज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में पन्द्रह महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार प्रदान किए ये राष्ट्रीय पुरस्कार हर वर्ष कमज़ोर और वंचित महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अनुकरणीय कार्य करने वाले व्यक्ति समूहों और संस्थानों को दिये जाते हैं सम्मान पाने वाली महिलाओं में एक सौ तीन वर्षीय धाविका मनकौर भारतीय वायु सेना की पहली महिला पायलट मोहना सिंह शिल्पकार आरिफा जान शास्त्रीय गायिका कौशिकी चक्रवर्ती दो हजार अट्ठारह में साक्षरता परीक्षा में सर्वोच्च स्थान हासिल करने वाली कात्यायनी अम्मा कानपुर की कलादेवी तथा उत्तराखंड की पर्वतारोही ताशी और नुंगशी मलिक शामिल हैं वर्ष दो हजार उन्नीस के यह नारी शक्ति पुरस्कार शिक्षा कृषि हस्तशिल्प वन्य जीव संरक्षण वनीकरण सशस्त्र सेनाएं तथा खेल के क्षेत्र में प्रदान किये गये हैं समारोह में महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन सहित कई मंत्री भी मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर एक ट्वीट संदेश में नारी शक्ति की भावना और उपलबियों को नमन किया प्रधानमंत्री ने कहा कि वे साइन ऑफ कर रहे हैं और दिन भर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उपलबियां हासिल करने वाली सात महिलायें अपनी जीवन यात्रा को उनके सोशल मीडिया एकाउंट्स पर लोगों के साथ साझा करेंगी इस बीच प्रधानमंत्री के ट्वीटर एकाउंट पर अपनी जीवन यात्रा साझा करते हुए स्नेहा मोहनदास ने कहा कि अपनी माता से प्रेरित होकर उन्होंने बे घर लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए फूडबैंक इंडिया की स्थापना की है दिव्यांगता क्षेत्र में कार्य कर रहीं डॉ मालविका अय्यर ने कहा कि विकलांगता के साथ जुड़ी हीन भावना से निपटने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि श्री मोदी ने महिला दिवस पर उन्हें अपने विचार साझा करने का जो मौका दिया है उससे उनका यह विश्वास मज़बूत हो गया है कि भारत दिव्यांगता को लेकर सदियों पूराने अंधविश्वासों को दूर करने की दिशा में सही कृदम बढ़ा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने निवास पर नारी शक्ति पुरस्कार विजेताओं से बातचीत की इस दौरान नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सभी महिलाओं ने अपने अनुभव और विचार साझा किये इस अवसर पर प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि महिलाएं छोटे छोटे समूह बनाकर विभिन्न क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रही हैं जिससे न सिर्फ लोगों को प्रेरणा मिल रही है बल्कि समाज में बदलाव आ रहा है महिलाओं द्वारा किये जा रहे उत्कृष्ट कार्यों की सराहना करते हुये श्री मोदी ने कहा कि आज का दिन जन सामान्य से जुड़ गया है इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने महिलाओं से देश को क्पोषण से मुक्ति दिलाने और जल जीवन मिशन को सफल बनाने का आह्वान किया आप देखिए भारत में से कुपोषण की समस्या को हम बहुत आसानी से मुक्त कर सकते हैं उसी प्रकार से दूसरा काम जो है वह भी बहनों के द्वारा ही सफल हो सकता है और बहनों के बिना सफल हो ही नहीं सकता और वह जल जीवन मिशन पानी का मूल्य क्या है महिला को जितनी समझ है वह किसी को नहीं है जिन्दगी उसे गुजारा करना संघर्ष करना पड़ता है पानी लेने के लिये दूर दूर जाना पड़ता है अगर एक दिन म्यूनसी प्लाटी से अगर एक दिन पानी आना बंद हो गया तो पूरा घर परेशानी का कारण और सारा बोझ मां पर आ जाता है घर में तो जल जीवन मिशन पानी बचाओं और पानी पहुंचाओ यह काम भी हमारी माताएं बहने बहुत अच्दे ढंग से कर सकती है उनके द्वारा स्वाभाविक वातावरण बन सकता है तो आज हम इस सन्देश को आगे पहुंचाने में आज भी मदद करें और मैं फ़िर एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार महिलाओं और बालिकाओं के सम्मान सुरक्षा और स्वावलंबन के प्रति कृत संकल्प है अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल महिलाओं को बधाई देते हुये श्री योगी ने कहा कि देश और समाज की प्रगति के लिये हर क्षेत्र में महिलाओं की समान भागीदारी ज़रूरी है वर्तमान समय में भी महिलायें अपने उत्कृष्ट कार्यो से समाज को नई दिशा और आयाम दे रही हैं प्रदेश में अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कल विमिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया इस क्रम में विभिन्न ज़िलों में आयोजित मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेलों का उद्घाटन महिलाओं से करा कर उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया गया बलरामपुर और मऊ में समी प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आयोजित आरोग्य मेलों का उद्घाटन वरिष्ठ ए एन एम ने किया इन मेलों में महिला स्वास्थ्य कर्मियों ने बालिकाओं को व्यक्तिगत सफाई स्वच्छता तथा पोषण जैसे विषयों के प्रति जागरूक किया मेरठ के मोदी पुरम् स्थित विनायक विद्यापीठ महाविद्यालय में कन्या तू ही नारी तू ही शक्ति कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस दौरान वक्ताओं ने बेटी और बहू के लिये समान व्यवहार अपनाने की आवश्यकता पर जोर दिया दुनिया भर के देश कोविड नाइन्टीन नोवल कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने के साथ ही वायरस संक्रमण को रोकने में जूटे हैं केरल में कल वायरस के पांच नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही देश में संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर उन्तालीस हो गई है केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के विशेष सचिव संजीव कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि केरल का यह परिवार हाल ही में इटली से कोच्चि आया था सरकार कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कई उपाय कर रही है और स्थिति पर करीबी नजर रखे हुए है उन्होंने बताया कि कैबिनेट सचिव की कल हुई समीक्षा बैठक में ईरान से भारतीय नागरिकों को वापस लाने पर विस्तार से चर्चा की गई केन्द्र सरकार ने कोरोना वायरस से संबंधित किसी भी तरह की पूछताछ के लिए हेल्पलाइन नम्बर शून्य एक एक दो तीन नौ सात आठ शून्य चार छः और ई मेल आई डी एन सी ओ वी दू थाउजेन्ट नाइन्टीन ऐट द रेट आफ जी मेल डाट काम जारी की है दूसरा वार्षिक पोषण पखवाड़ा कल से आरम्म हो गया दो सप्ताह तक चलने वाले इस आयोजन का मुख्य विषय है भोजन की पौष्टिकता बढ़ाने में पुरुषों की भूमिका समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की विशेष महत्व की इस योजना को दो हजार अट्ठारह में कल ही के दिन शुरू किया गया था केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने यस बैंक के संस्थापक राणा कपूर दीवान हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड डी एच एफ एल के प्रोमोटर कपिल वाधवन और डॉयट अर्वन वेंचर्स इंडिया लिमिटेड के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का मामला दर्ज किया है सी बी आई का आरोप है कि राणा ने निजी लाभ के लिए अपनी कंपनियों के जरिए डी एच एफ एल को गलत तरीके से कर्ज दिया था राणा इस समय प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में है प्रवर्तन निदेशालय ने उसे कल धन शोधन के आरोप में गिरफ्तार किया इस मामले में कई और लोग भी सीबीआई की नजर में हैं मुंबई की एक अदालत ने राणा को ग्यारह मार्च तक ईडी की हिरासत में भेजने का आदेश दिया प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने सभी जिलों के उप कृषि निदेशक और जिला कृषि अधिकारियों को अपने अपने ज़िलों में हाल ही में ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान का तत्काल आकलन करने का निर्देश दिया है उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नुकसान की पूर्ति के लिए वचनबद्ध है बीमा कंपनियों से भी कहा गया है कि नुकसान की समीक्षा के बाद किसानों के नुकसान की पूर्ति की जाए

अयोध्या काशी मथुरा में रंगभरी एकादशी के दिन से ही होली की शुरूआत हो जाती है होली की पूर्व संघ्या पर प्रदेश भर में आज होलिका दहन का कार्यक्रम सम्पन्न किया जायेगा होलिका दहन का मुहूर्त आज सूर्यास्त छह बजकर दो मिनट से रात आठ बजकर उत्तीस मिनट तक होगा श्रीराम जन्मभूमि परिसर में द के लिये यह शुभ के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येन्द्र दास ने बताया कि होलिका दहन के लिये यह शुभ मुहूर्त है कई सामाजिक संगठनों ने लोगों से हरे पेड़ और कीमती लड़कियों को जलाने से परहेज करने को कहा है